रांची समेत राज्य के अन्य स्टेशनों से चलनेवाली पैसेंजर ट्रेनों का जनवरी के पहले सप्ताह से शुरू होगा परिचालन रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी और राज्य के अधिकतर इलाकों में इक्कतीस दिसंबर और एक जनवरी को आकाश में छाये रहेंगे बादल सुबह और शाम में ठंड बढ़ने की संभावना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

राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर प्रदेशभर में आज विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया रांची के मोरहाबादी मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य कार्यक्रम संपन्न हुआ

इस अवसर पर कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ठोस योजना तैयार की गईे है खिलाड़ियों का डेटाबेस तैयार कर अंतराष्ट्रीय क्षमता मानक के साथ उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी

खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति भी की जा रही है

वहीं राज्य सरकार मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा के नाम पर छात्रवृत्ति योजना शुरू कर रही है जिसके माध्यम से राज्य के बच्चों को विदेशों में अब उच्च शिक्षा मिल सकेगी

कार्यकम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिब् सोरेन झारखंड कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उराव कृषि मत्री बादल और श्रम मंत्री सत्यानंद भोगता समेत अन्य नेता मौजूद थे इससे पहले सरकार की पहली वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने रांची के बिरसा चौक स्थित धरती आबा बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया वहीँ मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के एक साल पूरे होने के अवसर पर राजभवन जाकर राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी हेमंत सोरेन सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राज्य के सभी जिलों में विकास मेला का आयोजन किया गया इस दौरान लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया साहेबगंज जिले में संसदीय कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने विकास मेले का उदघाटन किया वहीं हजारीबाग जिले में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पलामू में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकर ने विकास मेले का उदघाटन किया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है नई दिल्ली में आज संवाददाताओं से बातचीत में श्री गहलोत ने बताया कि दसवीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के चार करोड़ से अधिक छात्रों के लिए अगले पांच वर्षो के लिए उनसठ हजार अडतालीस करोड रुपये की छात्रवृत्ति मंजूर की गयी है श्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रवृत्ति का साठ प्रतिशत स्वयं वहन करेगी जबकि शेष चालीस प्रतिशत राज्य सरकार देगी श्री गहलोत ने बताया कि अनुसूचित जाति के लगभग एक करोड़ छत्तीस लाख छात्र जो अब तक दसवीं कक्षा के बाद शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ थे उन्हें इस श्रुआत से उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति की यह राशि डीबीटी के जरिए छात्रों के बैंक खातों में जमा करा दी जाएगी श्री गहलोत ने यह भी बताया कि इन छात्रों के बैंक खाता संख्या सहित सूची राज्य सरकारों से हासिल की जाएगी

कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने बताया है कि ब्रिटेन से वापस आए राज्य के तीन लोगों में कोरोना वायरस के उसी संक्रमण की पुष्टि हई है जो हाल ही में ब्रिटेन में सामने आया है उन्होंने आज बेंगलुरु में संवाददाताओं को बताया कि नवम्बर से अब तक ब्रिटेन से वापस आए एक हजार छः सौ चौदह यात्रियों की आरटी पीसीआर जांच की गई इनमें से छब्बीस लोग संक्रमित पाए गए इन संक्रमित लोगों की जीनोमिक सीक्वेंसिंग से पता चला कि उनमें से तीन वायरस के नए रूप से संक्रमित हैं यह वायरस मौजूदा वायरस के मुकाबले सत्तर फीसदी अधिक तेजी से फैलता है

मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना का वैक्सीन जल्द आ रहा है लेकिन तब तक बचाव के सभी उपाय करते हुए लोगों को सतर्क रहना होगा

विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगाह किया कि यह जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस ही सबसे भयंकर बीमारी हो अभी दुनियाभर में एक और अत्यंत गंभीर महामारी फैलने की आशंका है संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रियसस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को वायरस के बारे में प्रतिदिन नई बातों का पता चल रहा है जिसमें इसके नए स्वरूप का प्रसार इससे लोगों का बीमार पड़ना उपलब्ध जांच उपचार और टीकों पर संभावित प्रभाव इत्यादि शामिल है श्री टेड्रोस ने कहा कि ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में वैज्ञानिक महामारी के विषाणु का अध्ययन कर रहे हैं जिसके आधार पर संगठन अगला कदम तय करेगा

इस अभ्यास का उद्देश्य टीकाकरण की चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है ताकि इस पूरे अभ्यास को बाधारहित बनाया जा सके स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि देश के वैज्ञानिक समुदाय को भारत को आत्मनिर्भर बनाने का महान कार्य करना है बेंगलुरु को निकट होसकोटे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुंधसान और शिक्षा केन्द्र सीआरईएसटी में आयोजित समारोह में आज श्री नायडू ने आने वाली पीढियों के लिए प्रमुख वैज्ञानिक सुविधाओं के विकास में अतुल्य कार्य के लिए देश के वैज्ञानिकों और अभियंताओं को बधाई दी रेल मंत्रालय ने रांची समेत राज्य के अन्य स्टेशन से खुलने वाली लगभग एक दर्जन से ज्यादा बंद पैसेंजर ट्रेनों के पुनः परिचालन की मंजूरी दे दी है रांची रेल मंडल के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी नीरज कुमार ने आज बताया कि जनवरी के पहले सप्ताह से इन ट्रेनों के परिचालन के शुरू होने की उम्मीद है जिन सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जायेगा उसमें टाटा बरकाकाना हटिया खड़गपुर बोकारो रांची हटिया राउरकेला हटिया टाटा सवारी गाड़ी बोकारो आसनसोल मेमू रांची आसनसोल मेमू टाटा हटिया मेमू रांची टोरी रांची मेमू रांची लोहरदगा मेमू बोकारो आद्रा मेमू और खड़गपुर रांची मेमू आदि गाड़ी शामिल है यात्री सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए सरकार वाहनों की अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठने वाले यात्री के लिए एयरबैग अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नये वाहनों के लिए अगले वर्ष पहली अप्रैल से और पुराने वाहनों के लिए अगले वर्ष पहली जून से इसे लागू करने का प्रस्ताव किया है मंत्रालय ने इसके मसौदे की अधिसूचना अपनी वेबसाइट पर डाल दी है

जामताड़ा और आस पास के इलाकों में बढ़ती ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ है

जिले के पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा ने बताया कि इस नक्सली ने अपना एक नया संगठन बना लिया था पुलिस इस हत्या के मामले की जांच कर रही है जमशेदपुर के आजादनगर थाना क्षेत्र स्थित नूर कॉलोनी में आज अपराधियों ने एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी ठेकेदार नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकल रहे थे उसी समय यह घटना हुई स्थानीय लोगों ने ठेकेदार को टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया वरीय पुलिस अधीक्षक तमिल एन वानण ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है हत्या के कारणों और अपराधियों के बारे में पता लगाया जा रहा है

रांची स्थित मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के संकेत के कारण राज्य का भी मौसम बदल सकता है उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य में ठंड का असर बढेगा और आकाश में बादल छाये रहेंगे रांची और आसपास के इलाके में सुबह में धुंध और कुहासा रहने के कारण सुबह एवं शाम होते ही ठंड बढ़ने की संभावना है